शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग के लिये भीलवाडा की डॉ कल्पना को शिक्षक दिवस पर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

राज्य में विद्यालयों में बस्ते का बोझ कम करने से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत आज से की जायेगी

इस दौरान योग को लोकप्रिय बनाने के लिए नए एप की शुरूआत भी की जाएगी प्रधानमंत्री पूर्वी आर्थिक फोरम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों और नए आयामों पर विचार करेंगे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि समूचे जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन पर लगा प्रतिबंध कृछ सप्ताह में हटा लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कुछ ही दिनों में अन्य क्षेत्रों से भी प्रतिबंध हटा लिए जायेंगे

सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम दोनों मिलकर यह प्रंजी डालेंगे इसमें से साढे चार हजार करोड़ से अधिक की राशि सरकार डालेगी

इससे पहले कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन शिक्षकों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक छात्रों को अपनी दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए गहन सोच विचार करने को प्रोत्साहन दें प्रधानमंत्री ने छात्रों में रचनात्मक भावना पैदा करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न मुद्दों के बारे में छात्रों के दृष्टिकोण को भी समझना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघसंचालक डॉ मोहन भागवत पुष्कर में सात से नौ सितंबर तक आयोजित हो रहे तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे

बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा ले सकते है

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के अनुरूप प्रस्तावित बढ़ी हुई कम्पाउंडिंग फीस प्रदेश में शुरूआत में कम रखी जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह जानकारी दी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि संसद द्वारा पास किये गये संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन कर राज्य में लागू किया जायेगा श्री खाचरियावास ने बताया कि ई रिक्शा मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिये सामान्य गलतियों के लिये भारी जुर्माना नहीं वसूला जायेगा

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीना ने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की सीलिंग सीमा को वर्तमान जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया जाए

इस मांग पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सकारात्मक आश्वासन दिया श्री मीना ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राज्य के बीपीएल परिवारों को भी सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए राज्य को अतिरिक्त चीनी का आवंटन किया जाए तथा नियमों में आवश्यकता अनुरूप बदलाव किया जाए राज्य में जीएसटी लागू होने के बाद फर्जी बिलों से व्यापार करने का एक बड़ा रैकेट उजागर किया गया है स्टेट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस निदेशालय ने एक बडी कार्रवाई करते हुए जयपुर और भिवाडी के कुछ व्यवसाइयों के लेने देन की जांच की इसके तहत पाया गया कि इन व्यवसाइयों ने करीब एक सौ करोड़ रूपये के माल की कागजों में ही खरीद बिकी दिखा दी थी राज्य में विद्यालयों में बस्ते का बोझ कम करने से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत आज से की जायेगी शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में इस योजना की शुरूआत करेंगे गौरतलब हैं कि राज्य के विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है इसके तहत आरंभिक तौर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक विद्यालय का चयन किया गया है

विमाग को अनुसार आज और कल बारा भीलवाडा कोटा बूंदी झालावाड प्रतापगढ राजसमंद और उदयपुर में भारी बारिश के आसार है विमाग के निदेशक शिवगणेश ने बताया कि पूरे सप्ताह प्रदेश में मानसून सकिय रहेगा उन्होंने बताया कि आज और कल पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है इस बीच जयपुर और आसपास के इलाकों में कल छूटपुट बारिश हुई